गुरुद्वारों में हो रहा है अखंड पाठ

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों द्वारा सरकार गठन में विफल रहने के बाद राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी विधानसभा चूनाव के परिणामों की घोषणा के बाद राज्यपाल ने भाजपा शिव सेना और एनसीपी को सरकार बनाने का न्यौता दिया था लेकिन विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी थी सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है इस अवसर पर पटना सिटी के तख्तश्री हरिमंदिर साहिब स्थित गुरू घर के विशेष दीवान में मुख्य समारोह और कवि दरबार आयोजित किया गया है

विशेष दीवान में गुरुनानक देव जी महाराज के जीवन उपदेश और शिक्षाओं के बारे में प्रवचन हो रहे हैं दोपहर में अटूट लंगर का आयोजन किया गया जिसमें बडी संख्या में देश विदेश से आये श्रद्वालु शामिल हुए आज मध्य रात्रि में तीन दिनों से चल रहे अखंड पाठ का समापन होगा इसके बाद प्रकाश समय कथा वाचन के साथ गुरुनानक देव जी का पांच सौ पचासवां प्रकाशोत्सव मनाया जायेगा विशेष प्रार्थना और श्रद्वालुओं के बीच कडाह प्रसाद का वितरण के बाद तीन दिन से चल रहे गुरुनानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व का भी समापन हो जायेगा आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेन्द्र कुमार राय इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न गुरूद्वारों में भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि फारबिसगंज गुरूद्वारे में नेपाल से आये श्रद्धालु भी प्रकाशोत्सव में शामिल हुए गुरु नानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंजाब के कप्रथला जिले में सुल्तानपुर लोधी में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने गुरूनानक देव जी के आदर्शों के बारे में बताया बाईट राष्ट्रपति गुरूनानक देव जी ने मानवता को नाम जपो किरत करो वंड छको का महामंत्र दिया जिसका अर्थ हम सब लोग जानते है ईश्वर का नाम जपो ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करो और जो कुछ भी कमाई करो उसे लोगों के साथ मिल बांटकर छको अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में इन आदर्शों को ढालकर समाज की विषमताएं दूर करने में जुट जाएं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा गंडक के संगम समेत विभिन्न नदियों और सरोवरों में आस्था की ड्रबकी लगायी इस अवसर पर पटना में गंगा तट के काली घाट कृष्णा घाट गांधी घाट पटना कॉलेज घाट समेत विभिन्न घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा स्नान के बाद लोगों ने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की और दान किया सोनपुर में गंगा गंडक के संगम पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सिमरिया घाट पर कल्पवास करने वालों के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहनी गंगा में लोगों ने डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना की उत्तर बिहार में भी लाखों लोगों ने बूढ़ी गंडक कमला और कोसी नदियों में पवित्र स्नान किया और प्रजा अर्चना की गया जिले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने फल्गु नदी में पवित्र स्नान किया आज के दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदियों में स्नान करने के दौरान डूबने से कम से कम छब्बीस लोगों की मौत हो गयी है नालंदा और पटना में पांच पांच नवादा सीतामढ़ी और सारण में तीन तीन जबकि मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी चंपारण में दो दो लोगों की मौत हो गयी वहीं बेगूसराय औरंगाबाद और अरवल में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है इन हादसों में छह लोग लापता बताये जा रहे हैं लापता लोगों की गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है एनडीए की प्रमुख सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में पचास सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज देवघर में यह जानकारी दी गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में लोजपा ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के दशम दीक्षांत समारोह का आज आयोजन किया गया राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने इस अवसर पर विभिन्न संकायों के पच्चीस टॉपरों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया वहीं एक हजार सात सौ दो छात्र छात्राओं के बीच उपाधि का वितरण किया गया

इसमें कई जानेमाने कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी इसका जीवंत प्रसारण रात के ग्यारह बजकर दस मिनट से आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इधर समस्तीपुर जिले के विद्यापति धाम मे आयोजित तीन दिवसीय सातवां राजकीय विद्यापति महोत्सव आज संपन्न हो गया समापन समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विद्यापति धाम को पर्यटक स्थल के रूप मे विकसित किया जायेगा केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि बीज विधेयक और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में किसानों के हितों की रक्षा की जायेगी और नकली उत्पादों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का प्रावधान किया जायेगा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रूपाला ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दोनों विधेयकों को पेश किया जायेगा प्रदेश में अब जीविका की तर्ज पर शहरी निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन काम करेगा नगर विकास और आवास विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार योजना के तहत अगले वर्ष मार्च महीने तक चौबीस हजार व्यक्तियों को कर्ज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों का गठन कर दो हजार तीन सौ समूहों को व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा इसके अलावा योजना के तहत शहरों में वेंडिंग जोन और आश्रय स्थलों का निर्माण भी करवाया जायेगा समस्तीपूर रेल मंडल अंतर्गत गढ़बरूआरी से सूपौल के बीच नवनिर्मित बड़ी रेललाईन पर कल स्पीडी ट्रायल होगा डीआरएम अशोक महेश्वरी ने बताया कि ट्रायल के सफल होने के बाद कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को रिपोर्ट भेजी जायेगी उन्होंने बताया कि रेलखंड पर इस महीने के अंत तक ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा बेगूसराय जिले के गढ़हरा थाना क्षेत्र के ठक्रीचक ढ़ाला के पास अपराधियों ने लूट की वारदात में एक वाहन चालक की गोली मारकर हत्या कर दी और दो व्यवसायी को घायल कर सोने चांदी के आभूषण लूट लिये वहीं जिले के लाखो के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर सड़क हादसे में सेना के एक जवान की मौत हो गयी कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र स्थित लावा पुल पर एक मवेशी व्यवसायी की पीट पीटकर हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने कोढ़ा कटिहार राष्ट्रीय उच्च पथ को जाम कर प्रदर्शन किया कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र के इटाढ़ी गांव से पुलिस ने एक तस्कर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने बेलदौर प्रखंड के पश्चिमी तेलिहार गांव में दो करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया

गुरुद्वारों में हो रहा है अखंड पाठ